फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा इन मामलों को शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया गया है

श्री गहलोत ने जयपुर में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल विंडो सिस्टम को सशक्त बनाकर नये रूप में लागू किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि रीको प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऐसी दीर्घकालिक नीतिं बनाए जिससे र्निवेशकों को अपने उद्योगों के लिए अनुकल स्थान के साथ ही उचित दामों पर भूमि मिल सके मुख्यमंत्री ने एसएसएमई उद्यमियों की बाधाएं दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए एमएसएमई एक्ट के बाद उद्यमियों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी ली

श्री गहलोत आज अपने निवास पर विभिन्न संगठनों संस्थाओं और समाजों के पदाधिकारियों और युवाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आगे बढाने और उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विभिन्न जटिलताओं के कारण बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था सरकार ने उनकी तकलीफ को समझते हुए यह कल्याणकारी कदम उठाया है

आज टोंक में विभिन्न गांवों में जन सुनवाई करते हुए उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी को मूलभूत सुविधाएं आवश्यक रूप से मुहैया करवायी जाएंगी उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं का आगे बढने का पूरा मौका देगी श्री पायलट ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

उन्होंने बताया कि शेष राशि का भुगतान फसल कटाई के बाद वास्तविक उपज के आधार पर आंकी जाने वाली कुल मुआवजा राशि में समायोजित करते हुए किया जाएगा

बांसवाड़ा में आज माही परियोजना कमाण्ड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़ने का कार्यक्रम तय करने तथा अन्य पहलुओं पर विचार के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई